उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में चुनावों में जीत लोगों की प्रधानमंत्री पर विश्वास और भरोसा की पुष्टी करता है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलगुन में नेशनल प्रोग्राम फ़ोर प्रिवेनशन एन्ड कंट्रोल ऑफ डिफनेश द्वारा हियर दा फ्यूचर विषय पर वल्ड हियरिंग डे मनाया गया

इस अवसर पर तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एन्ड मेडिकल साइंस के ई एन टी विभाग द्वारा निशुल्क शिविर आयोजित किया अंजाव जिले में मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान के दौरान पांच हजार दो सौ बीस बच्चों का टीकाकरण किया गया इस जिले में कुल चार हजार नौ सौ पंचानवें बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य था हायूलियांग स्थित कालिखो पुल मेमोरियल जिला अस्पताल में जिला टास्कफोर्स की बैठक में इसकी पुष्टी की गई अंजाव जिला उपायुक्त ममता रिबा ने इस टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सकों एकीकृत बाल विकास सेवा और शिक्षा विभाग को बधाई दी लोहित जिला के वाक्रो स्थित कामलांग टाईगर रिजर्व में वन्यजीव दिवस मनाया गया

कार्यक्रम के दौरान छात्रों और गांव वालों को वन्यजीवों के संरक्षण और जागरुकता पर विशेष जानकारी प्रदान किया गया जिला वन्य अधिकारी कोज तासार ने लोगों से वन्य जीवों का संरक्षण करने की अपील की उधर दायिंग इरिंग मेमोरियल वन्य जीव अभ्यारण के बोरगुली रेंज में वन्य जीवों के शिकार के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में वन्य जीवों के अवशेष और सिंगल बेरल मुजले लोडिंग गन भी बरामद किया गया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई के दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षायें कल से शुरु हो रही है सी बी एस ई के अनुसार दसवीं के सोलह लाख अड़तीस हजार और बारहवीं के ग्यारह लाख छियासी हजार विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे देशभर में चार हजार और विदेशों में अठहत्तर केंद्र पर दसवीं की परीक्षा होंगी जबकि बारहवीं की परीक्षाये देश में चार हजार से अधिक और विदेशों में ईकहत्तर केंद्रों पर आयोजित की जायेगी सी बी एस ई ने सुचारु परीक्षायें सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर व्यापक इंतजाम किए है मधुमेह से पीड़ित विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति होगी बोर्ड ने बताया कि कम्प्यूटर अध्यापक द्वारा परीक्षा केंद्र पर लेपटॉप की जांच करने के बाद विद्यार्थियों को लिखने के लिए विशेष जरुरत पर लेपटॉप का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहों होगा मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं विधायक वांगलिन लोवांगडोंग ने पानिद्राई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक एम्ब्रलेंस सेवा की श्रुआत की इस अवसर पर श्रीमती चासोम वांगचाडोंग ने सप्ताह में दो दिन चिकित्सा और टीकाकरण के लिए डाक्टर मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया उन्होंने लोगों से आगामी ग्यारह मार्च को आयोजित होने वाली आई पी पी आई अभियान के दौरान बच्चों को मिजस्ल रुबेला का टीका लगाने की अपील की मध्य प्रदेश की ग्वालियर में छह मार्च से ग्यारह मार्च तक चलने वाली छियालसवीं पुरुष राष्ट्रीय हेंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल हेंडबॉल एशोसियेशन ने अट्ठारह सदस्यीय दल का चयन किया है संघ के अध्यक्ष ताबा पेरी टीम मेनेजर निलाम तागि और कोच सिद्धारता बर्मन सहित यह दल कल स्वालियार के लिए रवाना हो गए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 आज का अधिकतम तापमान उन्नीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान शुन्य दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई